मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आहवान पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के तहत आज पिलाई गई पोलियो खुराक बर्फबारी प्रभावित लाहौल स्पीति ज़िले में नहीं चला अभियान लोकसभा चुनाव निर्वाचन आयोग ने देशभर में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान करवाया जाएगा

उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहित तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसका उल्लंघन करने वालों से आयोग सख्ती से निपटेगा चुनाव संबंधित किसी भी शिकायत से निपटने के लिए आयोग ने एक ऐप विकसित किया है जिस पर शिकायत करने के बाद सौ मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी प्रधानमंत्री इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से लोकसभा के आगामी चुनावों में सक्रियता से भाग लेने की अपील की है प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में पहली बार मतदान करने वाले यूवाओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने का आहवान किया और उम्मीद जताई कि इन चुनावों में ऐतिहासिक मतदान होगा वीडियो कांफ्रेंसिंग इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ चर्चा की उन्होंने कहा कि आदर्श च्नाव आचार संहिता से संबंधित सभी मामलों का त्वरित संज्ञान लिया जाएगा उन्होंने ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को चुनावों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए देवेश कुमार ने आचार संहिता के विषय में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने को भी कहा है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने देशभर में आम चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने एक बयान में कहा कि पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी भी दबाव में कार्य नहीं करेगा आयोग निवार्चन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपने उम्मीदवारों और नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षाकर्मियों की तस्वीरों का उपयोग न करने को कहा है

आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल और उनके नेता सशस्त्र बलों का उल्लेख करते हुए पूरी सावधानी बरतें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया है आंध्रप्रदेश के तिरूपति में आज छात्र संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं की प्राथमिक भूमिका भविष्य में बेहतर नागरिक बनने के लिए योग्य शिक्षा प्राप्त करना है उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए योग्य हुनर सीखने की ज़रूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और ज्ञान को सही दिशा में प्रसारित करने और उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है जयराम ठाकुर ने देश के युवाओं को राष्ट्र का भविष्य बताया और कहा कि उनके कार्यो का भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुस्तकालय और प्राचीन धर्म ग्रंथों का भी अवलोकन किया इससे पहले उन्होंने राज्य भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक में भी शिरकत की शहीद किन्नौर ज़िले में ग्लेशियर की चपेट में आने से शहीद हुए कांगड़ा ज़िले के जयसिंहपुर के जवान नितिन राणा का आज उनके पैतृक गांव रिट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनके शव को हैलीकॉप्टर के माध्यम से पालमपुर स्थित सेना हैलीपैड पहुंचाया गया अंतिम संस्कार से पूर्व शहीद नितिन राणा के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी

हालांकि भारत से पोलियो उन्मूलन हो चुका है फिर भी निगरानी के तौर पर केन्द्र सरकार ने अगले कुछ वर्षो तक पोलियो अभियान चलाने का निर्णय लिया है ताकि पोलियो फिर वापिस न आ सके किन्नौर ज़िले में भी पोलियो ख़ुराक पिलाने के लिए बच्चों के अभिभावकों में उत्साह देखा गया अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों सहित आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं की मदद ली गई आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को अगले दो दिनों तक घर घर जाकर पोलियो खुराक पिलाई जाएगी इस बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी और सड़कें बंद होने के चलते आज पोलियो खुराक नहीं पिलाई जा सकी इसके लिए नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी लाहौल मांग लाहौल स्पीति ज़िले में पिछले दिनों हुए भारी हिमपात के बाद अभी भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार जिले में लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है एक रिपोर्ट जिला लाहौल स्पीति में पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी से जनजीवन अभी भी पटरी नहीं लौटा है

वहीं सभी मुख्य सड़कें अवरुद्ध होने से लोगो को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सीमा सड़क संगठन और प्रशासन के आपसी तालमेल की कमी के कारण सड़कों से बर्फ हटाने के कार्य मे तेज़ी नहीं लाई जा रही है वहीं भारी बर्फबारी से लोगों को मीलों पैदल चलकर व मरीज़ों को स्ट्रैचर पर हेलीपैड तक पहुचाने में विवश है हालांकि सेना हेलीकॉप्टर को माध्यम से काफी मरीज व स्कूल बच्चे घाटी से बाहर निकले हैं लेकिन बारिंग रावा चौखंग सीस्सू व जिस्पा में स्कूली बच्चों सहित सैंकड़ो लोग महीनों से उड़ान के इंतजार में है

मेला समिति के अध्यक्ष व एसडीएम पंकज शर्मा ने बताया कि चारों संध्याओं में लोक गायकों व स्थानीय कलाकारों का चयन ऑडीशन के माध्यम से होगा

शिविर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मण्डी में आज मादक द्रव्यों महिला उत्पीड़न और बच्चों पर होने वाले शोषण से संबंधित जागरूकता शिविर का आयोजन किया प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े व कमज़ोर वर्ग के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्राधिकरण हमेशा प्रयासरत है समाज में गिरते मानवीय मूल्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी को समाज के विघटन को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए क्रिकेट ऊना में आयोजित विक्रांत मैमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता भारतीय वायु सेना ने जीत ली है

समापन अवसर पर ऊना नगर परिषद के अध्यक्ष अमरजोत सिंह बेदी ने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया

आग किन्नौर ज़िले में कल्पा के दाखो में बीती रात एक भीषण अग्निकाण्ड में दो मंज़िला मकान जलकर राख हो गया अंधेरे में आग बुझाने के कार्य में दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा कल्पा के एसडीएम सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि प्रभावित परिवार को फौरी राहत दी गई है और आग लगने के कारणों की छानबीन की जा रही है

इसका उद्देश्य लोगों को आकस्मिक आपदा की स्थिति में जागरूक करना है राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने लोगों से इस आयोजन में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया है कार्यशाला में भूकम्प के दौरान बचाव के लिए किए जाने वाले कार्यों और न किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी जाएगी मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ रहने और धूप खिलने से न्यूनतम व अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हुई है जनजातीय इलाकों में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान अभी भी जमाव बिंदू से काफी नीचे चल रहा है

इसी तरह मनाली भुंतर डलहौजी सहित कई अन्य भागों में अभी भी ठण्ड का दौर जारी है हालांकि राज्य के मैदानी इलाकों में आज दिनभर मौसम साफ बना रहा